श्री शाह ने कल दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नई कार्य संस्कृति शुरू की है गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने तेरह कानूनी अड़चनों को दूर करते हुए दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों में रह रहे चालीस लाख लोगों को मालिकाना हैक देने का काम किया शाह ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के दौरान सिख दंगों की जांच नहीं कराई गई जबकि एनडीए सरकार ने एसआईटी का गठन किया और दोषियों को जेल भेजा

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह बात पूरी तरह से झूठी है कि इस कानून के बाद एनआरसी या नेशनल रजिस्टर आफ सिटिजनशिप आएगा और मुस्लिमों को छोड़कर सभी प्रवासियों को नागरिकता भिल जाएगी और मुसलमानों को हिरासत शिविरों में भेज दिया जाएगा जबकि हक़ीकत यह है कि नागरिकता संशोधन कानून का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है

इसके अलावा इन कानूनी प्रावधानों को संचालित करने के लिए विशेष वैधानिक नियम भी बनाए गए हैं नागरिकता संशोधन कानून ने इसे किसी भी तरह से नहीं बदला है प्रतिकिया नागरिकता संशोधन कानून का अनूपपुर जिले के लोग भी स्वागत कर रहे हैं सीएए को लेकर जिले के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है आइए जानते हैं

वे यहां राजभवन में उच्च शिक्षा विभाग संबंधी एक बैठक में भाग लेंगे इस मौके पर राज्यपाल लाल टंडन और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी भी उपस्थित रहेंगे

वे आज शाम समन्वय भवन में स्वर्गीय माणिक चंद वाजपेयी की पूण्यतिथि पर आयोजित मामाजी जन्म शताब्दी वर्ष स्मृति और विमर्श कार्यकम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे इसके बाद वे राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों की बैठक लेंगे जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में बताया कि पहली जनवरी से पन्द्रह जनवरी तक भाजपा कार्यकर्ता नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस द्वारा कथित रूप से पैदा की गई भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करेंगे श्री चौहान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद विनय सहस्र बुद्वे भी मौजूद थे प्रदर्शनी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्म्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में बाल छायाकारों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी का श्रभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए समाज का भी यह कर्त्तव्य है कि बच्चों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में सहयोग करे यह प्रदर्शनी कला विथिका पड़ाव ग्वालियर में लगाई गई है जो आज शाम पांच बजे तक आमजन के लिए खुली रहेगी

इस सेमीनार में दोनों संस्थानों में प्रवेश परीक्षा और विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जायेगी

फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक मध्यप्रदेश के युवा इस सेमीनार में भाग ले सकते हैं स्वच्छता रैकिंग शहरी विकास संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं के माह नवंबर में किये गये प्रदर्शन के आधार पर जारी रैकिंग में रतलाम जिले की सैलाना नगरपालिका प्रथम आई है नगरपालिका सैलाना लगातार तीन माह से रैकिंग में पहले नंबर पर है यह रैकिंग स्वच्छ भारत मिशन सीएम हेल्पलाईन प्रधानमंत्री आवास योजना एवं कर वसूली के आधार पर की जाती है उल्लेखनीय है कि नवंबर माह में संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश की नगरपालिकाओं की जो रैकिंग जारी की गई

शिविर ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू होने तथा समस्याओं के निराकरण के लिए खंडवा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं

मौसम प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहीं घने कोहरे और धुंध के कारण सड़क और रेल परिवहन पर भी असर पड़ा है भोपाल और दिल्ली के बीच चलने वाली अधिकतर ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही है

कड़ाके की ठंड के कारण विभिन्न जिलों में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है

जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी

इस तीन दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ आज साढ़े दस बजे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसकेराव करेंगे

जिसमें पुलिस थानों पर दर्ज प्रकरणों की स्थिति जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी